मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के बालिका संरक्षण गूह मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए यहां के जिलाधिकारी सुजीत कुमार को उनके पद से हटा दिया है और जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पाण्डेय को निलम्बित कर दिया है प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय जांच समिति गठित की है जिसमें महिला और परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक महिला हेल्प लाइन अंजू गुप्ता शामिल है

इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस प्रकरण में दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने एक वर्ष पूर्व इस संस्था को बंद करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये थे लेकिन समय रहते इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों में स्थित महिला संरक्षण गृह तथा बाल संरक्षण गृह का निरीक्षण कर शीघ्र शासन का इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए खेती के साथ साथ उन्हें दुग्ध उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा श्री योगी आज गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दुग्ध उत्पादकों को वर्ष दो हजार सत्रह अटठारह का गोकुल पुरस्कार वितरित कर रहे थे इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने में दुग्ध समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में छह हजार से अधिक दुग्ध समितियां कार्य कर रही हैं जोकि पर्याप्त नहीं है उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम से कम साठ हजार द्ग्ध समितियों की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि नबार्ड के सहयोग से प्रदेश में दस नई दुग्ध डेयरियों की स्थापना की जा रही है साथ ही पुरानी डेयरियों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशान साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के कारण राज्य में अधिकांश डेयरिया बंद हो गई हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इन डयरियों को नये सिरे से खोलने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा आधार की छवि धूमिल करने के प्रयासों की निंदा की है एक वक्तव्य में प्राधिकरण ने कहा है कि स्वार्थी तत्व गूगल की गलती के नाम पर आधार के बारे में अफवाहें और आशंकाएं फैला रहे हैं

आधार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए पी पांडेय ने बताया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और उनका डाटा सुरक्षित है

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि फसल बीमा को लेकर कम्पनियों और राज्यों की जवाबदेही तय की जायेगी

राधा मोहन सिंह ने कहा कि यदि बीमा कम्पनियों द्वारा भुगतान में दो महीने से अधिक विलम्ब करने पर उन्हें बारह प्रतिशत ब्याज सहित बीमा राशि का भुगतान किसानों को करना होगा इसी तरह राज्य सरकारों को भुगतान में देरी करने पर किसानों को ब्याज अदा करना होगा

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सात अगस्त से बारह अगस्त तक फिलिपींस की यात्रा पर जायेंगे वह वहां मनीला स्थित अंतराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान जायेंगे जहां वे उत्तर प्रदेश के बाढ़ सूखा एवं जलवायु परिवर्तन जैसी विपरीत परिस्थितियों में बेहतर परिणाम देने वाली धान की प्रजातिया के शोध विकास के बारे में कृषि वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगे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

विधेयक के पारित होने के बाद केन्द्रीय मंत्रो थॉवरचन्द गहलोत ने कहा कि आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद यह आयोग सक्षम तरीके से समस्याओं का समाधान कर पायेगा

लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सूचीबद्ध है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का आगामी मानसूत्र सत्र तेईस अगस्त दो हजार अट्ठारह से आहूत किया गया है राज्यपाल राम नाईक ने इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है

सावन माह के दूसरे सोमवार पर आज शिव भक्तों ने मंदिरों में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की वाराणसी में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए दिन भर कावंड़ियों का ताता लगा रहा गंगा घाट से लेकर चितरंजन पार्क तक हाथों में कांवड़ लिये भक्तों के हुजुम और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा क्षेत्र भक्तिरस से सराबोर हो गया बरेली में शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भगवान भोले के भक्तों की लम्बी लम्बी कतारें लगी हुई है जिले के धोपेश्वरनाथ मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामश्वर मंदिर के साथ फैजाबाद आगरा झांसी और अमरोहा सहित विभिन्न जनपदों में शिवमंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है जहां शिवालयों पर दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की जा रही है इस अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये हैं सड़क परिहवन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि देश में टोल प्लाजा समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा से प्राप्त होने वाले राजस्व से सड़कों और राजमार्गों का निर्माण कार्य किया जाता है हमें अच्छी सुविधाओं के लिए धन खर्च करना होगा टोल प्लाजा के बिना हम एक्सप्रैस वे और सड़कों का निर्माण नहीं कर सकते हमें टोल से धन अर्जित करके सड़कें बनानी है इसका कोई विकल्प नहीं है केन्द्र सरकार के प्रकाशन विभाग की ओर से लखनऊ के अलीगंज स्थित केन्द्रीय भवन में एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आज पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के अपर महानिदेशक क्षेत्रीय श्री अरिमर्दन सिंह ने किया यह पुस्तक प्रदर्शनी जनता के अवलोकनार्थ सत्रह अगस्त तक प्रातः दस बजे से सांय पांच बजे तक खुली रहेगी केन्द्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए कई प्रकार से लाभदायक साबित हो रही है उत्तर प्रदेश में लाखों किसान इस योजना स जुड़ गए हैं और उन्होंने अपनी कृषि भूमि का परीक्षण कराया है पेश है हमारे लखनऊ संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए उत्तर प्रदेश में किसान अपने के खेत की मृदा के पोषक तत्वों की सही जानकारी हासिल करके उर्वरकों की सही मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं इससे जैविक खेती को भी प्रोत्साहन भिल रहा है हमीरपुर के किसान कुलदीप सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि किसानों के लिए यह कार्ड काफी उपयोगी है और इससे न केवल पैदावार बढ़ी है बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है मेरा नाम कुलदीप सिंह है मैं पित्तौरा गांव का निवासी हूं मेरे खेत की मिट्टी की जांच कर मुझे मृदा स्वास्थ्य हेल्य कार्ड दिया गया और मिट्टी में कमी को दूर करने के लिए उसके उपाय और जैविक खाद का उपयोग फसलवार मात्रा में डालने का बताया गया

फिरोजाबाद के किसान नीरज साशवत बताते हैं कि इस कार्ड के बन जाने से उनकी खाद की खपत में कमी आई है मेरा नाम नीरज साशवत है गांव और खेत में आकर नमूना लेते हैं और उसके बाद वह कार्ड बनाते है ऑनलाइन तो हम सभी लोग जब से उस कार्ड के हिसाब से खाद डालने लगे पूरे प्रदेश में अब तक ढाई करोड़ से अधिक किसानों ने अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाते हुए मृदा खास्थ्य कार्ड बनवाए हैं इससे किसानों का खर्च तो बचा ही है साथ ही पैदावार बढ़ने से उनकी आय दोगुनी करने का सरकार का अभियान भी कामयाब होता नजर आ रहा है